आज सवेरे पोषण माह के अंतर्गत देशभर की आशा ए एन एम और आंगनबाड़ी सेविकाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार आशा ए एन एम और आंगनबाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए कई उपाय कर रही है उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार रुपए करने की घोषणा की इसी वर्ग में दो हजार दो सौ पचास रुपए का मासिक मानदेय प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपए मासिक कर दिया गया है

इसी प्रकार यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो उसके विकास की गति धीमी हो जाएगी गौरतलब है कि पोषण अभियान की शुरूआत राजस्थान में झुझनू से हुई थी श्री मोदी ने इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने की जरूरत पर बल दिया प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद भी किया बारां जिले के छबड़ा की लाभार्थी ने भी अपना अनुभव साझा किया

आज जयपूर में पार्टी के शक्ति केन्द्र कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबकुछ स्पष्ट है और वह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मुद्दे के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक की फिक्र है लेकिन उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं है उन्होंने कहा कि अवैध बांगलादेशियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने का सरकार का अभियान जारी रहेगा इससे पहले आज जयपुर पहुंचने पर श्री शाह का ऐयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया

अपने एक दिवसीय अपने अतिव्यस्त जयपूर प्रवास में भाजपा अध्यक्ष ने शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों सहकारिता जनप्रतिनिधियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से भी संवाद किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रदेश ने काफी प्रगति की है उन्होंने बाद में रतनगढ में जनसभा को सम्बोधित किया श्रीमती राजे ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं

राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय विनोद जाखड उपाध्यक्ष पद पर रेणू चौधरी महासचिव पद पर आदित्य प्रताप सिंह और संयुक्त सचिव पद पर विद्यार्थी परिषद की मीनल शर्मा ने जीत हासिल की उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हिमांश बागड़ी निर्वाचित हुए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में मतगणना का काम जारी है चूरू में राजस्थान गौरव यात्रा के चलते कल मतगणना होगी

उन्होंने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हर विभाग में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायेलट ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यसमंत्री ने जाति और धर्म की राजनीति कर सत्ता हड़प कर लोगों के साथ छलावा किया है